इन्दौर गुना विदिशा पर मंथन जारी

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हए कहा था कि इस मुद्दे पर आज समुचित पीठ सुनवाई करेगी

केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष इस योजना की अधिसूचना जारी की थी याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित कानूनों में संशोधनों से राजनीतिक पार्टियों के लिए असीमित चंदा लेने के दरवाजे खुल जाएंगे वहीं केन्द्र सरकार ने अपने निर्णय को सही बताते हुए कहा था कि इससे राजनीतिक दलों को पैसे के लेनदेन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा

छिंदवाड़ा से नकल नाथ सागर से प्रभूसिंह ठाकुर दमोह से प्रताप सिंह लोधी सतना से राजाराम त्रिपाठी सीधी से अजय सिंह जबलपुर से विवेक तनखा मंडला से कमल मरावी खंडवा से अरूण यादव उज्जैन से बाबूलाल मालवीय खरगोन से गोविंद मुजालदा रीवा से सिद्वार्थ तिवारी देवास से प्रहलाद टिपानिया को टिकट दिया है वहीं मुरैना से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत पर भरोसा जताया है हालांकि श्री रावत हाल ही में विजयपुर सीट से विधानसभा चुनाव में पराजित हुए थे श्री रावत का मुकाबला केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से होगा

कांग्रेस ने कल छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिये मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम की घोषणा भी कर दी है

पिछले दिनों यहां से विधायक चुने गये दीपक सक्सेना ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था नामांकन जांच लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी इस चरण के लिए पर्चे भरने का काम कल शाम समाप्त हो गया सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं

इस चरण में गुजरात गोवा केरल दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में चौदह चौदह सीटों उत्तर प्रदेश में दस छत्तीसगढ़ में सात ओडिसा में छह बिहार और पश्चिम बंगाल में पांच पांच असम में चार तथा जम्मू कश्मीर में एक सीट पर भी वोट डाले जाएंगे

ये समाचार बुलेटिन आज से मतगणना तक सतत रूप से जारी रहेंगे

साथ ही लोकसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से पड़ताल के लिये प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल आपका वोट आपकी सरकार नामक कार्यक्रम के जरिए परिचर्चा लाइव प्रसारण और विषय विशेषज्ञों से बातचीत कर सम्यक विश्लेषण भी प्रसारित करेगा

फिल्म रोक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज अगली सूचना तक रोक दी गई है फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि फिल्म के रिलीज की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी यह फिल्म आज से सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी इस बीच निर्वाचन आयोग इस बायोपिक की रिलीज के बारे में आज अंतिम फैसला करेगा उप निर्वाचन आयुक्त संदीप सक्सेना ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि आयोग ने फिल्म के निर्माता और भाजपा के महासचिव से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जो मिल गए हैं कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत करते हुए मांग की थी कि इस फिल्म की रिलीज लोकसभा चुनाव होने तक टाल दी जाए निर्वाचन आयोग को याचिका पर अभी फैसला करना है इस बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने बताया है कि फिल्म की समीक्षा और प्रमाणन प्रक्रिया चल रही है उच्चतम न्यायालय इस बायोपिक की रिलीज लोकसभा चुनाव पूरा होने तक टालने संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है

मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं बैतुल में भी कल कई कार्यक्रम हए स्वीप के जिला नोडल अधिकारी एमएल त्यागी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जयनारायण घरोंदा केन्द्र के मानसिक दिव्यांग बच्चों द्वारा ग्राम करजगांव में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई संस्था प्रमुख द्वारा ग्रामीणों को मतदान का महत्व बताते हुए दिव्यांगों को मतदान में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई वहीं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में जागरूकता रैली आयोजित की गई वहीं खंडवा जिले के खारकला हाट बाजार में वीवीपैट का प्रदर्शन कर मतदान की अपील की गई पंधाना में बीएलओ के प्रशिक्षण में मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई नरसिंहपुर जिले में भी लगातार मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भिंड जिले में आओ मिलकर अलख जगाये मतदान का प्रतिशत बढ़ाये कार्यक्रम के तहत शिक्षकों ने मतदाताओं को जागरूक करने की शपथ ली आईपीएल आईपीएल में कल रात नई दिल्लीं में सनराइजर्स हैदराबाद ने डेल्ही कैपिटल्स को पांच विकेट से हरा दिया

आज बेंगलुरू मे रॉयल चेलेंजर्स बैंगलौर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मैच रात आठ बजे से खेला जाएगा बैडमिंटन क्वालालम्पुर में मलेशियाई ओपन बैडमिंटन में आज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला चीन के चेन लोग से होगा

प्रतियोगिता में के श्रीकांत एकमात्र भारतीय चुनौती रह गए हैं पीवी सिंधू साइना नेहवाल और एच एस प्रणय सिंगल्स मुकाबले से बाहर हो चुके हैं मौसम प्रदेश में तापमान में लगातार वृद्धि से गरमी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घण्टे के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ जबलपुर दमोह सागर खरगोन रतलाम और गुना में कल गर्म हवाएं चली

मौसम विभाग ने आज सागर होशंगाबाद इन्दौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर और ग्वालियर चंबल शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की आशंका व्यक्त की है

ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी इलाकों में मतदान कम हुआ था इस लिहाजा से नगरीय इलाकों में मतदाताओं को जागरुक करने की हर संभव कोशिश की जा रही है

इन्दौर गुना विदिशा पर मंथन जारी

इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ